ग्यारह मार्च को डाले जायेंगे वोट

उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लाइलाज रोगियों को इच्छा मृत्यू देने की अनुमति प्रदान कर दी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया पीठ ने कहा कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कोमा में जा चुके या मौत की कगार पर पहुंच चुके लोगों के लिए इच्छा मृत्यु और इच्छा मृत्यु के लिए लिखी गयी वसीयत कानूनी रूप से मान्य होगी पीठ ने कहा कि इस संबंध में मरीज के परिवार वाले और चिकित्सक अंतिम रूप से मिलकर फैसला लेंगे कि मरणासन्न मरीज को इच्छा मृत्यु दी जाय या नहीं न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में किसी को हत्या का आरोपी नहीं बनाया जायेगा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये निर्देश इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाये जाने तक लागू रहेंगे केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू कल पटना आयेंगे वे केन्द्रीय गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन और प्रस्कार वितरण समारोह में भाग लेंगे गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव डाक्टर विपिन बिहारी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार सहित पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के अठासी प्रतिनिधियों को हिन्दी के प्रचार प्रसार और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जायेगा आकाशवाणी पटना के केन्द्राध्यक्ष पीकेठाकुर और राजभाषा अधिकारी अनूप कुमार सिन्हा को भी इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा अररिया लोक सभा और जहानाबाद तथा भभुआ विधान सभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया इन तीनों सीटों पर अड़तीस उम्मीदवार मैदान में है मतदान ग्यारह मार्च को होगा जबकि मतों की गिनती चौदह मार्च को कराई जाएगी अररिया में राजद सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और जहानाबाद से राजद विधायक मुंद्रिका सिंह यादव तथा भभुआ से भाजपा विधायक आनंद भूषण पांडे के निधन के कारण यह उपचुनाव कराया जा रहा है इधर उप चूनाव को लेकर सूरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं इन क्षेत्रों में अर्द्वसैनिक बलों की पैंतालीस कंपनियों की तैनाती होगी बिहार पुलिस के तेरह हजार से अधिक जवानों की मतदान केन्द्रों पर तैनात किया जायेगा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं निर्वाचन आयोग ने उप चूनाव को लेकर पटना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो ग्यारह मार्च को मतदान प्रक्रिया की शुरूआत से समाप्ति तक काम करेगा उप मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कूमार सिंह ने बताया कि फोन नम्बर दो दो एक पांच नौ सात आठ और फैक्स नम्बर दो दो एक पांच छह एक एक पर निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना भेजी जा सकती है दूरभाष नम्बर के पहले पटना का एसटीडी कोड शून्य छह एक दो लगाना होगा विधान परिषद् में आज राजद सदस्यों ने सरकार द्वारा मक्का किसानों को घटिया किस्म का बीज उपलब्ध कराये जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया राजद के संजय प्रसाद द्वारा इस संबंध में चर्चा को लेकर दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया जिसके बाद राजद सदस्य हंगामा करते हुए सदन के बीचो बीच आ गये इससे पूर्व जदयू के दिलीप चौधरी ने मगध विश्वविद्यालय में बीएड परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द किये जाने का मामला उठाया उन्होंने कहा कि बीएड परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना और फिर परीक्षा रद्द करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है इसकी जानकारी सदन को दी जानी चाहिए इसी दौरान संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सदस्यों ने जिन सवालों को उठाया है उसकी जांच करायी जायेगी जांच में जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी राज्य सरकार ने आज कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी विधान सभा में स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री नंद किशोर यादव ने प्रश्नकाल के दौरान जद यू के श्याम रजक के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार अपनी आंतरिक प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है ताकि जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की बजट में कमी किये जाने की बात से इंकार करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में दो हजार अठारह उन्नीस के बजट में साढ़े तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक अन्य प्रश्न के दौरान मंत्री नंद किशोर यादव और राजद के अब्दुलबारी सिद्दिकी के बीच तीखी नोंकझोंक हुई श्री सिद्दिकी ने कहा कि मंत्री राज्य में स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो दावा कर रहे है उसके ठीक विपरीत हालात अस्पतालों में है

प्रदेश में पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें कृषि को लेकर किसानों को नई खोजों के बारे में जानकारियां दी जायेंगी साथ ही कई देशों के बड़े संस्थान खेती बारी की नई तकनीक के विषय में किसानों के साथ संवाद करेंगे मेले में जापान नीदरलैंड इजरायल और अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को साथ भाग ले रही हैं राज्य में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैठकों का भी आयोजन किया जायेगा मेले का उद्घाटन करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्र और तकनीक उपलब्ध कराकर पैदावार में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने किसानों से मेले में आकर खेती की नई तकनीक के बार में जानकारी हांसिल करने की अपील की प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब बेचने और पीने के आरोप में बीते दो वर्ष के दौरान एक लाख इक्कीस हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया है उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने विधान सभा में एक प्रशन के जवाब में कहा कि एक अप्रैल दो हजार सोलह से छह मार्च दो हजार अठारह के बीच साढ़े छह लाख स्थानों पर छापेमारी की गयी इस दौरान बीस लाख लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब जब्त की गयी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 पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार और अनुमंडलाधिकारी अरूण प्रकाश ने आज जेल में छापेमारी की सूत्रों ने बताया कि वायरल वीडियो में नजर आ रहे लोगों के चेहरे और कैदियों के चेहरे की मिलान की जा रही है

इससे पहले शहीद जवान का पार्थिव शरीर बेगूसराय जिले के मंझौल गांव पहुंचने पर हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में शहीद जवान को गार्ड आफ आनर प्रदान किया गया शहीद जवान का अंतिम संस्कार ब्रढी गंडक नदी के किनारे सोझा घाट पर संपन्न हुआ

केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी विरेन्द्र सिंह ने इसका आश्वासन सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और भाजपा विधायक आर एस पांडेय को दिया है शिवहर जिले के पिपराढ़ी थाना क्षेत्र के बेलवा नदी के पास से पूलिस ने जमीन के अंदर छिपाकर रखे गये सात सौ बोतल नेपाली शराब बरामद की है इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मुंगेर जिले में पुलिस ने सफियाबाद पुलिस चौकी क्षेत्र के हेरु दियारा क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया वहीं पश्चिम चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र में छह शराबियों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया मुंगेर जिले की एक स्थानीय अदालत ने स्कूली छात्रा के अपहरण और यौन शोषण के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं तीन आरोपियों को दस दस साल जेल की सजा सुनाई गयी है यह मामला वर्ष दो हजार सात में बरियारपुर थाने में दर्ज हुआ था

ग्यारह मार्च को डाले जायेंगे वोट